सभी लोकसभा सीटों पर सुबह सात बजे मतदान शुरू हुआ

वहीं जम्मू कश्मीर में अनंतनाग लोकसभा क्षेत्र के पुलवामा में वोटिंग शुरू होने के क्छ देर बाद ही दो मतदान केंद्रों के पास विस्फोट इआ जिनमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है पश्चिम बंगाल में श्रीरामपुर लोकसभा क्षेत्र में कई मतदान केन्द्रों पर ईवीएम में गड़बड़ी की रिपोर्ट है

सुरक्षा कारणों से अनंतनाग सीट पर तीन चरणों में मतदान कराया जा रहा है मतदान प्रदेश प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में मतदान षांतिपूर्वक चल रहा है

मतदान केन्द्रों के बाहर लोगों की कतार सुबह से ही लगना शुरू हो गई थी गर्मी के बावजूद लोगों में मतदान के प्रति उत्साह दिखाई दे रहा है

प्रादेशिक समाचार दर्शन समाचार एकांश का साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन आज खास तौर पर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान पर केन्द्रित है ये कार्यक्रम आज रात आठ बजे प्रसारित होगा जिसे आकाशवाणी के सभी केन्द्र प्रसारित करेंगे चुनाव प्रचार लोकसभा चुनाव के छठे और सातवें चरण के प्रचार में तेजी आ गई है विभिन्न राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज पश्चिम बंगाल में सभाएं कर रहे हैं उसके बाद श्री मोदी झारखंड में जनसभा को संबोधित करेंगे वहीं कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का हरियाणा में प्रचार कर रहे हैं प्रदेश में तीसरे चरण के लिए भी प्रचार में तेजी आ गई है कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री कमलनाथ और भाजपा की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य वरिष्ठ नेता चुनावी रैलियां कर रहे हैं उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुरैना अशोकनगर राजगढ़ और भोपाल में चुनावी सभाएं करेंगे वहीं स्वामी अग्निवेश ने भोपाल लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीद्वार दिग्विजय सिंह के समर्थन में मतदान की अपील की है भाजपा उम्मीद्वार प्रज्ञा सिंह ठाकुर आज सीहोर में चुनाव प्रचार कर रही है